प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना का टीका लगवाया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज लगवायेंगे कोविड का टीका

और प्रदेश के सभी स्कूलों में आज से पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं शुरू

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इसके तहत साठ साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ लोगों और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के बीमार लोगों को टीके दिये जायेंगे

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी निबंधन होगा साथ ही राज्य में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर निबंधन प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है पंजीकरण के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है विशेष परिस्थिति में ही फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अथवा पैन कार्ड मान्य होगा

एक ट्वीट में श्री मोदी ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में कोविड उन्नीस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया है वह उल्लेखनीय है श्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि जो भी वैक्सीन लेने के पात्र हैं वे सभी टीका लगवायें और हम सब मिलकर भारत को कोविड मुक्त बनायें इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज दोपहर बाद पटना के आईजीआईएमएस में कोविड टीके की पहली खुराक लेंगे राज्य सरकार ने चिन्हित निजी अस्पतालों में भी कोविड के टीके निःशुल्क देने का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल टीकाकरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक में इस आशय का फैसला किया गया बैठक के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि राज्य में साठ वर्ष से अधिक उम्र के एक करोड़ से अधिक जबकि पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के बीस लाख से अधिक बीमार लोगों को टीके देने का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि चिन्हित पचास निजी अस्पतालों को टीकाकरण प्रक्रिया के लिए निर्धारित निर्देशों को पालन करने को कहा गया है अनियमितता की स्थिति में लोग टोल फ्री नम्बर एक शून्य चार पर शिकायत कर सकते हैं

वर्तमान में तीन सौ अंठानवे मरीजों का उपचार चल रहा है इसमें सबसे अधिक एक सौ उनसठ मरीज पटना के हैं अरवल बांका बक्सर गोपालंगज जहानाबाद मधेप्रा सहरसा शेखपुरा और सुपौल जिले में कोविड का एक भी मामला नहीं है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव दो छह प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक दो लाख साठ हजार पांच सौ चौरानवे मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इधर कल मात्र नौ जिलों से ही कोविड के पच्चीस मामले दर्ज किये गये सबसे अधिक पटना से बारह पॉजिटिव मामले सामने आये हैं इधर राज्य में अब तक छह लाख अड़तीस हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके दिये जा चुके हैं प्रदेश में कक्षा एक से पांच तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज से खुल गये हैं कोरोना महामारी के कारण स्कूल पिछले वर्ष चौदह मार्च से ही बंद थे कक्षाओं में क्रमानुसार एक दिन में सिर्फ पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति मिली है बाकी बचे पचास प्रतिशत छात्र अगले दिन स्कूल आयेंगे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सभी संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया गया है बैठने की व्यवस्था के दौरान दो गज की दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा श्री कुमार ने बताया कि सरकारी स्कूलों के गेट पर ही बच्चों को दो दो फेस मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है मास्क पहनने कक्षाओं को प्रतिदिन सेनेटाईज करने हाथ धोने के लिये साबुन और सेनेटाइजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही छात्रों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग होगी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर खाद्य सामग्रियों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी स्कूलों में असेम्बली और खेल के पीरियड नहीं होंगे संस्थान द्वारा चलाये जा रहे वाहनों को नियमित रूप से एक दिन में दो बार सेनेटाइज करना होगा विद्यालय प्रबंधन से कहा गया है कि अपने नजदीकी स्थल पर चिकित्सक या नर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके इसके अलावा छात्रों को भी यह निर्देश दिया गया है कि कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल इसकी सूचना विद्यालय प्रबंधन को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके प्रदेश में कक्षा नौवीं से लेकर बारहवीं तक के स्कूल चार जनवरी से और कक्षा छठी से आठवीं तक के सभी स्कूल आठ फरवरी से संचालित हो रहे हैं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की प्रायोगिक परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं बोर्ड ने विद्यालयों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुये परीक्षा का आयोजन करने को कहा है सेना ने प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जेनरल ड्यूटी सैनिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है इस मामले में पुणे से तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने बस किराये में पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ोतरी का फैसला किया है फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने बताया कि चौदह मार्च की मध्य रात्रि से किराये में वृद्धि की जायेगी उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों और दूसरे राज्य जाने वाली बसों के किराये में बढ़ोतरी की गयी है श्री सिंह ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों तथा टैक्स टोल प्लाजा परमिट शुल्क जैसे मदों में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर यह फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि बढ़े हुये किराये के संबंध में परिवहन विभाग को सूचना दे दी गई है यदि विभाग इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं करता है तो फेडरेशन स्वयं इसे लागू कर देगा प्रदेश के मक्का किसानों को फसल सहायता योजना का लाभ दिया जायेगा इसके लिए पटना बेगूसराय भागलपुर दरभंगा और खगड़िया समेत अठारह जिलों के तिरासी प्रखंडों के सात सौ चौवन पंचायतों का चयन किया गया है इन पंचायतों के दो लाख ग्यारह हजार छह सौ छियालीस किसान योजना से लाभांवित होंगे कृषि विभाग के अनुसार जिन क्षेत्रों में बाढ़ और सुखाड़ के कारण मक्का उत्पादन इस बार औसत के कम हुआ है वहां के किसानों को योजना का लाभ मिलेगा बीस प्रतिशत क्षति पर सात हजार पांच सौ रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षतिपूर्ति दी जायेगी जबकि बीस प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर दस हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जायेगी विभाग के अनुसार किसानों द्वारा किये गये आवेदन के सत्यापन के बाद ही भुगतान होगा वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए जीएसटीआर नाइन और जीएसटीआर नाइनसी की वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि इकतीस मार्च तक बढा दी है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय करदाताओं की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए किया गया है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि यदि कोई कम्पनी बिना निबंधन कराये सोशल मीडिया पर फ्लैट की ब्रुकिंग या ऑफर संबंधी प्रचार करती है तो उस पर कार्रवाई होगी रेरा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया गया इस प्रकार का प्रचार अवैध नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रचार की अनुमति नहीं दी गयी है दरभंगा हवाई अड्डे से दस मार्च से एक बार फिर अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा शुरू होगी निजी विमानन कम्पनी स्पाइस जेट ने इसके लिए बुकिंग शुरू कर दी है पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के दालकोला समेकित चेक पोस्ट पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से चार सौ अस्सी किलोग्राम गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है बरामद गांजा का बाजार मूल्य लगभग ढ़ाई करोड़ रुपये बताया जाता है सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाना के कोआरी गांव में शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ में दारोगा दिनेश राम की मौत के मामले में थानाध्यक्ष राज देव प्रसाद और सब इंस्पेक्टर रजा अहमद को निलंबित कर दिया गया है पटना के फतुहा नदी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से चौवालीस लाख रूपये मूल्य की शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं जिले के जक्कनपुर एस के पुरी और बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने अंतरजिला गिरोह के सात अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना टीकाकरण से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कोरोना टीका मुफ्त दैनिक भास्कर लिखता है ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल नौ आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी दैनिक जागरण की सुर्खी है आज से खुलेंगे पहली से पांचवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय प्रभात खबर ने लिखा है पन्द्रह मार्च से पच्चीस फीसदी बढ़ेगा लांग रूट का बस किराया दैनिक आज ने इसरो द्वारा अन्तरिक्ष में भेजे गये उन्नीस उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है राष्ट्रीय सहारा ने मन की बात से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है आत्मनिर्भता की पहली शर्त स्वदेशी पर गर्व और अब अंत में मुख्य समाचार कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण आज से शुरू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना का टीका लगवाया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज लगवायेंगे कोविड का टीका

और प्रदेश के सभी स्कूलों में आज से पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं शुरू